प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों में प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी कम्पनियों के गठन का लिया निर्णय

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी नेटवर्क और आकशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सुचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में चल रहे विकास कार्यो को शीघ्र पूरा करने के लिये तेजी से कार्य करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री कल लोक भवन में अयोध्या के पर्यटन विकास कार्यो के प्रस्ततीकरण का अवलोकन कर रहे थे उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास कार्यो की योजना बनाकर उसे चरणबद्व तरीके से पूरा किया जाये उन्हॉने कहा कि अयोध्या आने वाले लोगों को यहां सभी स्तरीय सुविधाए मिलनी चाहिये इसके लिये सभी जन सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी सुगम बनाया जाये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदों में तैनात नोडल अधिकारियों को धान और गन्ना क्रय केन्द्रों पर निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने अधिकारियों से गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं तथा विशेष वरासत अभियान के कार्यो की निगरानी करने के लिये भी कहा है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने जनपद स्तर पर विद्यत आपूर्ति व्यवस्था तथा किसानों को उपलब्ध कराये जा रहे सिंचाई सुविधा की समीक्षा करने के भी निर्देश दिये उन्होंने नोडल अधिकारियों से किसानों से संवाद करने के लिये भी कहा राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित सेमिनार को राजभवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया राज्यपाल ने कहा कि अटल जी की स्मृति में स्थापित यह विकित्सा विश्वविद्यालय सभी चिकित्सा संस्थाओं में ज्ञान के प्रसार में सहयोग करता रहेगा उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बाजपेई जी के त्यागपूर्ण नेतृत्व ने अतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का मान सम्मान बढाया वह सदैव याद रखे जायेंगे केन्द्रीय परिवहन राजमार्ग और सुक्ष्म लघ और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री नीतिन गडकरी ने कहा है कि सरकार देश के आघारभूत क्षेत्र में विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

उन्होंने भारत को पहले नम्बर की वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर बनाने के दुष्टिकोण के बारे में बताया श्री गडकरी ने कहा कि देश में केन्द्र सरकार क्टीर लघू मझौले और सूक्ष्म उद्यमों को बढावा देने के लिए सभी उपाय कर रही है

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की सरकार गरीवों और किसानों के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाए चला रही है जिसका लाम उन्हे मिल रहा है उन्होंने कहा कि गांव में किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन आवास और शौचालय समेत समस्त मूलशृत सुविधाएं दी गई है उन्होंने कहा कि अमेठी में आय्ष्मान भारत योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किये गये हैं कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अमेठी में सडकों को गढढा मुक्त बनाने और मार्गो के सुद्वीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है उन्हॉने कहा कि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में लोगों को सभी मुलभुत सुविधाएं प्रदान की गई कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल कृत्रिम उपकरण और विभिन्न योजनाओं के लामार्थियों को ऋण स्वीकृति के चेक भी प्रदान किये महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों में भी प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी कम्पनियों के गठन का निर्णय लिया है अब तक ग्रामीण इलाकों के स्वयंसेवक ही पीआरडी कम्पनियों में शामिल हो रहे थे जबकि अब शहरी युवाओं को भी प्रांतीय रक्षक दल में काम करने का अवसर प्राप्त होगा महिला स्वयंसेवकों को प्रंतीय रक्षक दल में विशेष वरीयता मिलेगी एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की राज्यानी लखनऊ समेत प्रदेश के दस बड़े शहरों में पीआरडी यानि प्रांतीय रखक दल की कंपनियों के गठन का काम शुरू हो गया है

तखनऊ आगरा अलीगढ़ वाराणसी प्रयागराज बरेली मेरठ कानपुर मुरादाबाद और गोरखपुर में शहरी कंपनियां बनेंगी

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उन्होंने कहा कि जिन देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन देखा गया है ऐसे देशों से प्रदेश में आये लोगों को क्वारंटीन कर उनकी जांच की जाये मुख्यमंत्री कल एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप भले ही कम हो रहा हो लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है कन्टेनमेंट क्षेत्रों और अधिक संक्रमण वाले इलाके में रोगियों की संख्या घटी है

पत्र सूचना कार्यालय उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई इसका उदेश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है पत्र सूचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्घारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है